कैबिनेट मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि गन्ना किसानों को केंद्र के इस फैसले से काफी राहत मिलेगी उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों को समय पर पैसे मिले इसीलिए चीनी के बफर स्टॉक का फैसला लिया गया है

चीनी मिलें नई दर के आधार पर किसानों को भुगतान करेंगी इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आधार समेत अन्य कानूनों के संशोधन को मंजूरी दे दी है केंद्रीय मंत्रिमंडल के इस फैसले से गन्ना किसानों को राहत मिलेगी

मंत्रिमंडल ने आज आम जनता को राहत देते हुए प्रदेश में मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना को मंजूरी दी है

इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में राज्य के उच्च शिक्षा विभाग में कार्यरत गेस्ट टीचरों के मानदेय में इजाफा किया गया है

कैबिनट बैठक में चिकित्सा स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग का एकीकरण समेत अन्य अहम फैसले लिए गए स्लग वित्त मंत्री वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारामन ने पिछले पांच साल में कर वसूली दोगुनी करने के लिए आयकर विभाग को बधाई दी है नई दिल्ली में आज आयकर दिवस के मौके पर उन्होंने कहा कि कर लगाने के पीछे बड़ा सिद्दान्त धन का बेहतर और समान पुनर्वितरण है उन्होंने कहा कि विकास की ओर अग्रसर कोई भी देश राजस्व प्राप्ति की अनदेखी नहीं कर सकता वित्त मंत्री ने कर का दायरा बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया और कहा कि इसके लिए आयकर के सभी विभागों को मिलकर काम करना चाहिए उन्होंने अधिकारियों को यह भी याद दिलाया कि करदाताओं में विश्वास पैदा करने की भी जरूरत है वित्त मंत्री ने कहा कि समन्वित कार्रवाई और तकनीक के इस्तेमाल से करवंचना में कमी लाई जानी चाहिए इस मौके पर वित्त मंत्री ने टैक्सलॉग नामक एक जर्नल का विमोचन भी किया इसमें टैक्स संबंधित मुद्दों के स्पष्टीकरण में मदद मिलेगी वित्त राज्यमंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लोक सम्पर्क कार्यक्रम के लिए आयकर विभाग द्वारा विकसित की गई विज्ञापन किट का शुभारम्भ भी किया स्लग राज्यपाल राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है लेखक और कवि इसी दर्पण के माध्यम से समाज को उसका वास्तविक चेहरा दिखलाता है देहरादून में राजभवन में एक पुस्तक विमोचन के अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि लेखक अपनी लेखनी से जो उजाला फैलाता है उससे व्यक्ति समाज और राष्ट्र को दिशा मिलती है उन्होंने कहा कि लेखकों को अपनी रचनाओं में महिलाओं की समस्याओं और मुद्दों को संवेदनशीलता से उठाने की जरूरत है उन्होंने कहा कि पाठकों में महिलाओं के प्रति सम्मान और संवेदनाएं जगाने में अच्छी रचनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है राज्यपाल ने कहा कि देशभक्ति की कविताओं और लेखों से युवाओं का देश निर्माण में सहभागिता की प्रेरणा मिलती है स्लग आपदा प्रबंधन बागेश्वर में जिलाधिकारी रंजना राजगुरू ने मानसून के दौरान सभी विभागों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं उन्होंने आपदा विभाग समेत जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक ली बैठक में जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम को अपने क्षेत्र में स्वयं व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रिपोर्ट देने को कहा जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि मानसून सत्र के दौरान कोई भी अधिकारी अपना फोन बंद नही रखेंगे और किसी भी क्षेत्र में कोई भी घटना होने पर तत्काल इसकी सूचना कंट्रोल रूम और संबंधित विभाग को उपलब्ध कराएंगे उन्होंने सड़क निर्माणदायी संस्थाओं को भूस्खलन क्षेत्रों के पास मशीन और पर्याप्त मैन पावर की तैनाती के लिए योजना तैयार करने के साथ ही अवर अभियंता और सहायक अभियंता के फोन नंबर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश ऐठानी समेत कपकोट के विधायक बलवंत सिंह भौर्याल बागेश्वर के विधायक चंदन राम दास और पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल भी शामिल थे स्लग कार्यशाला नैनीताल नैनीताल जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बड़े स्तर पर वॉल पेंटिंग और स्लोगन आदि के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाएगा नैनीताल में हुई एक कार्यशाला में जिलाधिकारी संविन बंसल ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ थीम पर वॉल पेंटिंग की शुरुआत कलेक्ट्रेट और जिलाधिकारी कैम्प कार्यालय के साथ ही चिकित्सालयों में आर्ट के विद्यार्थीयों के सहयोग से की जायेगी उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को पेंटिंग के लिए सभी सुविधाएं जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराये जाएंगे अच्छी वॉल पेंटिंग बनाने वालों को स्वतंत्रता दिवस पर पुरस्कृत किया जाएगा स्लग करगिल दिवस चमोली चमोली जिले के जोशीमठ छावनी में आईटीबीपी की प्रथम वाहिनी सुनील में आज अमर शहीदों को कारगिल दिवस पर याद किया गया

इस अवसर पर आईटीबीपी द्वारा हथियारों की प्रदर्शनी भी लगाई गई जिसे देखने के लिए केंद्रीय विद्यालय जोशीमठ के छात्र छात्राएं भी पहुंचे डिप्टी कमांडेंट ने स्कूली बच्चों को सेना में प्रयोग होने वाले हथियारों के बारे में जानकारी दी उन्होंने कहा कि आईटीबीपी स्कूली बच्चों में देशभक्ति की भावना भरना चाहती है

स्लग शहीद परिजन कारगिल युद्ध में शहादत देने वाले वीर जवानों के परिजनों ने युवा पीढ़ी को शहादत से प्रेरणा लेने को कहा है देहरादून में शहीद के परिजनों ने कहा कि राष्ट्र की आन बान और शान के लिए सर्वस्व न्योछावर करने वाले अपने प्रियजनों पर उन्हें गर्व है

कारगिल युद्ध में शहीद विजय भंडारी की मां देहरादून में रहती हैं विजय उनके इकलौते बेटे थे नम आंखों से वे कहती हैं कि यदि मेरा दूसरा बेटा होता तो उसे भी सेना में भेजतीं

इसके तहत स्कूली बच्चों की वाद विवाद भाषण प्रश्न मंच कला वृत्तचित्र और विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिता के साथ साथ कारगिल युद्ध पर व्याख्यान माला का आयोजन किया जा रहा हैं